रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा तट के पास चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह से हवा में कम दूरी तक मार करने वाली भिसाइल वीएल एसआरएस एएम के दो सफल परीक्षण किए हैं डीआरडीओ ने इसे विशेष तौर पर नौसेना के लिए देश में ही डिजाइन और विकसित किया गया है यह मिसाइल समुद्र में नजदीकी लक्ष्य सहित विभिन्न हवाई हमलों के खतरे से निपटने में सक्षम है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन सफल परीक्षणों पर डीआरडीओ को बधाई दी है भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होगी इसकी अध्यक्षता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया करेंगे इस बीच भाजपा के राष्ट्रीयी महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरूण सिंह संगठनात्मक बैठक और चर्चा के लिए जयपुर पहुंचे हैं

इसके लिए राज्य विद्यूत प्रसारण निगम लिमिटेड ने ऑनलाइन आवेदन मांगें हैं

बोर्ड के सचिव ने बताया कि इनमें से नौ लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दोनों स्तर की परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है आकाशवाणी जयपुर के परिसर में आज सुबह नाद योग संगीत कार्यकम का आयोजन हुआ इसमें प्रसिद्ध कलाकारों ने शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी कलाकार सौरव कुमार नाहर ने ख्याल शास्त्रीय गायन कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया वहीं वाद्य ताल कचहरी की आकर्षक प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया गौरतलब है कि आकाशवाणी जयपुर की ओर से नाद योग कार्यक्रम की शुरूआत पिछले साल हुई थी इसमें मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने प्रस्तुति दी थी

सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व चेयरमैन प्रेमसिंह बाजौर और सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ सहित अन्य भाजपा नेताओं ने इन मूर्तियों का अनावरण किया प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी तो कहीं मामूली कमी दर्ज की गई है हालांकि तेज धूप के कारण गर्मी के असर में बढ़ोतरी महसूस की जा रही है